केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार देश की सुरक्षा एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगी श्री सिंह ने आज बिहार के गया में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा नियंत्रण रेखा पर गड़बड़ी करने की कोशिश करता है लेकिन भारतीय सेना उसके इरादे को विफल करने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रही है गृहमंत्री ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है श्री सिंह ने कहा कि सभी देश एकजुट होंगे तभी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री अपने इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं मन की बात की पैंतीसवीं कड़ी में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में अपने विचार रखे थे

उन्होंने कहा कि लोग अब बैंक जाने लगे हैं और पैसे की बचत करने लगे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंसियल इंक्लूजन ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आर्थिक जगत के पंडितों की चर्चा का विषय रहा दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज्यादा ये नम्बर है आज मुझे बहुत बड़ा समाधान है कि समाज का वो आखिरी छोर पर बैठा हुआ मेरा गरीब भाई देश की अर्थव्यवस्था के मूलधारा का हिस्सा बना है उसकी आदत बनी है बैंक में आने जाने लगा है एक प्रकार से गरीब की ये बचत आने वाले दिनों में उसकी ताकत है और प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ जिसका अकाउंट खुला उसको भी इंश्योरेंस का लाभ मिला

जो लोग अमी बैंक का भवन भी नहीं देंखे थे उनके हाथ में खाते देने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया

आनंद कुमार के साथ मैं दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बालू की बढ़ती कीमत पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने खान और भू तत्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पिछले साल जुलाई महीने में जो बालू की कीमतें थी उसकी तुलना में आज इतनी ज्यादा कीमतों की वजह क्या है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को बालू के लिए ज्यादा कीमते न देनी पड़े इसके लिए प्रभावी कदम उठाये जाये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगले वर्ष होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में पहले से ही छात्र का नाम रोल नम्बर रोल कोड के अलावा अन्य विवरण अंकित रहेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि त्रुटि रहित परीक्षा के लिए यह बदलाव किया गया है श्री किशोर ने बताया कि इस बार परीक्षा की कॉपियों की बार कोडिंग की जायेगी उन्होंने कहा कि इस साल पहली बार ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा इस बार छात्रों को दो एडमिट कार्ड दिया जायेगा जिसमें एक डमी एडमिट कार्ड होगा ताकि कोई त्रुटि हो तो पहले ही उसमें सुधार किया जा सके राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उपजे विवाद में हस्तक्षेप करते हुये उनकी पार्टी को न्याय दिलाने का अनुरोध किया है श्री कुशवाहा ने मुंगेर में रैली को संबोधित करते हये कहा कि उनकी पार्टी तीस नवम्बर तक प्रधानमंत्री के निर्णय का इंतजार करेगी यदि प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी वाल्मिकीनगर में चार पांच और छह दिसम्बर को होने वाली विशेष बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति तय करेगी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चूनाव में प्रदेश की सभी चालीस सीटों पर समान विचारधारा वाले दलों से तालमेल कर चूनाव लड़ेगी पार्टी के बिहार मामलो के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहलगांव में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि गठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा आपसी सहमति से कर लिया जायेगा श्री गोहिल ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और हिन्द्रस्तानी अवाम मार्चो के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन रहेगा उन्होंने कहा कि यदि किसी सीट पर समस्या उत्पन्न होगी तो मिल बैठकर इसका समाधान करेंगे नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के सदभावना चौक के एक होमगार्ड के जवान को वाहन उस समय कुचल कर भाग गया जब वह अपनी ड्यूटी के दौरान शराब से लदे वाहन को रोकने की कोशिश कर रहा था प्रलिस अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग से सूचना मिली थी कि झारखंड से तस्कर शराब की खेप लेकर आ रहा है होमगार्ड के जवान ने जब वाहन को रूकने का इशारा किया तब वाहन चालक उसे कुचल कर फरार हो गया जवान की तत्काल मौत हो गयी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि मृतक होमगार्ड के जवान के निकटतम आश्रित को चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी इसके अलावा उसके परिवार के एक सदस्य को अन्कंपा के आधार पर नौकरी भी दी जायेगी वहीं वैशाली जिले के वलिगांव थाना क्षेत्र के चिकनौता गांव के पास से पुलिस ने एक ट्रक से पांच सौ कार्टन विदेशी शराब जब्त की है इधर बेगूसराय जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के बलहपुर बांध के पास पूलिस ने पिकअप वैन से पचासी कार्टन विदेशी शराब बरामद की है जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना अंतर्गत लाईन होटल के पास एक वाहन से तीन सौ बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खैरासरीन गांव से पूलिस ने नक्सली संगठन के उग्रवादी धनंजय उर्फ मोन् यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार नक्सली के पास से एक कार्बाइन एक पिस्तौल दो आइडी और डेटोनेटर तार बरामद किया गया है राज्यपाल लालजी टंडन ने आयूर्वेद चिकित्सा पद्धति को वर्तमान समय में अद्वितीय और उत्कृष्ट बताते हुये कहा कि इसमें शोध कार्यो को बढ़ावा दिये जाने की जरूरत है श्री टंडन ने पटना में एक समारोह को संबोधित करते हये कहा कि हमारी जीवन पद्धति में चार पुरूषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन है इनकी प्राप्ति आरोग्यता पर ही आधारित है जो आयुर्वेद से ही संभव है उपमुख्यमंत्री स्शील क्मार मोदी ने कहा कि राशि के अभाव में उच्च शिक्षा से अब कोई वंचित नहीं रहेगा श्री मोदी ने एक समारोह को संबोधित करते हये कहा कि स्ट्रडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत चार लाख तक ऋण चार प्रतिशत के ब्याज दर पर लड़कों को और एक प्रतिशत की ब्याज दर पर छात्राओं को दिया जा रहा है प्रदेश में किसानों को सुखाड़ इनपुट अनुदान आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि ऑनलाईन आवेदन की तिथि पच्चीस नवम्बर से बढ़ा कर तीस नवम्बर कर दी गयी है श्री क्मार ने कहा कि कृषि इनप्ट अन्दान सिंचित खेतों के लिए तेरह हजार पांच सौ और असिंचित के लिए छह हजार आठ सौ रूपये की राशि किसानों को प्रति हेक्टेयर दी जाएगी कार्तिक प्रर्णिमा के अवसर पर पटना में गंगा स्नान करने गया प्रलिस का एक जवान लापता हो गया जम्ई का रहने वाला जवान चंद्रभाण ठाक्र प्रलिस महानिरीक्षक बच्चू सिंह मीणा के यहां कुक का काम करता था वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मधौल गांव अन्तर्गत अपराधियों ने लूट के दौरान स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया वहीं बेगूसराय जिले के एफसीआई थाना क्षेत्र के बीहट बाजार में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी समस्तीपूर जिले के उजियारपूर थाना क्षेत्र के चांदचर रामनगर गांव के पास राष्ट्रीय उच्चपथ संख्या अठाईस पर ट्रक और कार के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये मधूबनी जिले राजनगर थाना क्षेत्र के बलहा गांव में नहाने के दौरान तीन बच्चे पोखर में डूब गये जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई